संक्रमण से ठीक होने के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है

पिछले एक महीने में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर शत प्रतिशत रही है कोविड मृत्यु दर भी घटकर एक दशमलव पांच प्रतिशत रह गई है भारत में मृत्यु दर वैश्विक औसत से लगभग आधी है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृषि सुधार के लिए हाल ही में पारित तीनों विधेयकों से किसानों को लाभ होगा आज गोवा की राजधानी पणजी में उन्होंने कहा कि देश एक राष्ट्र एक बाजार की ओर बढ़ रहा है इससे कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी श्री जावड़ेकर ने गोवा सचिवालय में संवाददाताओं से कहा कि सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए बिक्री मूल्य का निर्धारण उत्पादक करते हैं लेकिन कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण एजेंटों द्वारा किया जाता था नये अधिनियम के प्रभावी होने के बाद अब बिक्री मूल्य के निर्धारण में किसानों को प्राथमिकता मिलेगी

उन्होंने लोगों से कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने की अपील भी की है आज अपने साप्ताहिक संवाद में उन्होंने भावी उपायों की जानकारी दी डॉ हर्षवर्धन ने बताया कि सरकार ने कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की समयसीमा निर्धारित करने के लिए उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है देश में कोरोना वैक्सीन का परीक्षण तीसरे दौर में है महिला पुरस्कार प्रदेश की तीन महिलाओं को ग्रामीण जीवन में नवाचार के लिये दुनिया के जानेमाने संगठन व्रमेन्स वर्ल्ड समिट फाउण्डेसन ने अपने सालाना पुरस्कार के लिये चुना है पुरस्कृत महिलाओं में बैतूल जिले की रहने वाली और रायसेन में कार्य कर रही सरस्वती उइके अशोकनगर जिले की शबनम शाह और धार जिले की सुभद्रा खापर्डे शामिल हैं इन्हें तपुरस्कार के रूप में एक एक हजार डालर और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा

कोरोना महामारी को देखते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किये थे परीक्षा केन्द्रों पर उम्मीदवार मास्क और हैंड सैनिटाइजर जैसे नियमों का पालन करते हुए देखे गए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा से भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सिविल सेवाओं के लिए चयन होता है सिविल सेवा के लिए चयन प्रारंभिक परीक्षा मुख्यी परीक्षा और साक्षात्कार के बाद होता है

वहीं सिवनी से एक अच्छी खबर है यहां जिला अस्पताल में भर्ती नौ कोरोना संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है उप चुनाव मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि किसान व्यापारी महिलाएं समेत हर वर्ग सरकार के झूठ से परेशान है प्रदेश के मतदाता अब सरकार के झूठ को बेनकाब करेंगे जबलप्र आए श्री नाथ पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मध्यप्रदेश की जनता सीधी और भोली है लेकिन वह अब किसी कीमत पर मूर्ख नही बनेगी

शिवराज सिंह के नेतृत्व में एक बार फिर से पूरी की पूरी सीटें जीतकर आएँगे सेनानी जयंती आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती है उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस में क्रांतिकारी केन्द्र की स्थापना की थी वे अपनी पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के माध्यम से लगातार स्वातंत्रता की अलख जगाते रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि श्री वर्मा कई राष्ट्र वादियों के प्रेरणा स्रोत थे